विंग कमांडर अभिनन्दन वर्तमान कृछ ही पलों मे अटारी वाघा सीमा से अपने वतन लौंटेगे वाय् सेना थल सेना और सीमा स्रक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी अभिनन्दन का स्वागत करने के लिये पहंचे है उनकी रिहाई को लेकर देश में ख्शी का माहौल है हमारे संवाददाता ने बताया कि अटारी वाघा सीमा पर कड़ी स्रक्ष के बीच आम लोगों को स्टेडियम से छूर रखा गया है आज बीएसएफ की परेड भी नहीं हई और झंडा उतारने की रस्म अदा होगी हरियाणा के जिला झज्जर के गांव भदानी में आज शहीद विक्रांत सहरावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया म्ख्यमंत्री मनोहर लाल वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ व अन्य गणमान्य व्यक्ति शहीद विक्रांत की अंतिम यात्रा में शामिल हए और उन्हें श्रद्वाजलि दी

म्ख्यमंत्री ने गांव भदानी में शहीद विक्रांत के घर पहंच कर पिता कृष्ण क्मार माता कांता देवी व धर्मपत्नी सुमन को ांध्स बंधाते हुए कहा कि शहीद विक्रांत की शहादत को सदैव याद रखा जाएगा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि ग्राम पंचायत भदानी शहीद की स्मृति के लिए जो भी प्रस्ताव पारित करेगी उसे त्रंत पूरा कराया जाएगा

शहीद के पिता श्री जे सी कांसल ने चिता को म्खग्नि दी

गौरतलब है कि सिद्वार्थ वशिष्ट ब्धवार को बड़गांव में हये हैलीकप्टर द्घटना में शहीद हो गये थे हरियाणा के संय्क्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इन्द्र जीत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशान्सार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं उन्हें वोट डालने से पहले मतदान केंद्र पर पहचान पत्र दिखाना होगा मतदाता पहचान बताने के लिए पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस डाकघर दवारा जारी पासब्क पैन कार्ड आधार कार्ड आदि भी दिखा सकते हैं संय्क्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से फोटो मतदाता स्लिप स्वीकार नहीं की जाएगी

ये जानकारी आज अम्बाला के सांसद रत्न लाल कटारिया ने यम्नानगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से गांव कैल से कलानौर तक की चार मार्गी सड़क का शिलान्यास करेंगे इसी प्रकार पंचकला मे माता मनसा देवी परिसर मे सांस्कृतिक विश्व विदयालय का शिलान्यास करेंगे इसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रोहतक जिले में करोड़ो रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उदघाटन् भी करेंगे

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांच भंगू निवासी रामक्मार व सिरसा निवासी जोगिंद्र मेहता के रूप में हई है अपराध जांच शाखा सिरसा दवारा दोनों आरोपियों को ग्प्त सूचना के आधार पर गिरफतार किया गया है

यह अफीम आरोपियों द्वारा सिरसा बड़ागुढ़ा व पंजाब में सप्लाई की जानी थी प्लिस ने आरोपियों से खिलाफ थाना बड़ाग्ढ़ा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश श्रू कर दी है हरियाणा सरकार ने भिवानी के भीम खेल परिसर मे पहली अप्रैज से हाकी व एथलीट की खेल नर्सरी श्रू करने की मंजूरी प्रदान की है हाकी मे लड़े और लड़कियों दोंनों के लिये और एथलेटिक्स में केवल लड़कों के लिये खेल नर्सरी श्रू होगी नर्सनी मे जगह पाने के लिये छ और सात मार्च को भीव खेल परिसर मे ट्रायल होगा जिसमें खिलाड्यियों का चयन कियाजायेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि ये खेल नर्सरियां आवासीय होगी

हरियाणा में कल और परसो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभागके एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में कई स्थानों पर शीत लहर प्रभावी है लेकिन दिन के तापमान मे कोई बड़ा बदलाव नहीं हआ है उन्होंने बताया कि रात के तापमान मे थोड़ा बदलाव दर्ज किया गया है राज्य में करनाल और नारनौल में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दंर्ज किया गया है फरीदाबद अपराध शाखा ने सूचना के आधार पर एक एक कबाड़ी के यहां छापा मारकर हजारों की संख्या में सेना की ब्लेट और बम्ब व खाली खोल बरामद किये अपराध शाखा सेक्टर तीस के प्रभारी विमल ने बताया कि पिछले वर्ष भी एक कबाड़ी के गोदाम में विस्फोट हआ था पकड़े गये आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि आर्मी कबाड़ के साथ ये गोलियां खरीद ली जाती है और इनमें पीतल अगल कर मुनाफा जाता है प्लिस ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश निवासी राजक्मार व दिनेश तथा प्राना फरीदाबाद निवासी इर फान को गिरफ्तार किया है

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिये कृषि उपकरणों के लिये अनुदान लेने के लिये सात मार्च तक आवेदक करने को कहा है

श्री धनखड़ ने कहा कि अधिक जानकारी के लिये किसान अपने जिले के कृषि अधिकारियों से सम्पर्क पर सकते है